आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के शालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का शालन करें

उसके बाद कोविड योदधाओं के लिए एक नई बीमा शालिसी प्रभावी होगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पीएमजीकेपी की पीछले वर्ष मार्च मे घोषणा की गई थी जिसको तीन बार बढ़ाया गया था

इस योजना से स्वास्थ्य कर्मचारियों का महत्वप्र्ण मनोवैज्ञानिक भूमिका केा बढ़ाने का हौसला मिला है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज प्रदेश में कोविड की स्थिति की श्रीक्षा के बाद कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं होगा लेकिन कोविड सम्बधी दिशा निर्देशों की शालना करवाने के लिए सख्ती जारी रहेगी शत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कोरोना बारे राज्यस्तरीय निगरान समिति की बैठक में स्थिति का आंकलन किया गया है

चकूला के प्रश्नों के उत्तर देते हये उन्होंने कहा कि सरकार एकांतवास में रखे गये रोगियों को आक्सीमीटर और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली दवायें उ लब्ध करवा रही है आयुष विभाग को टीम भी घर घर जाकर लोगों को ऐसी दवायें वितरित करेगी उन्होंने कहा कि निजी अस्प्तालों को सभी मरीज़ों का कोरोना जांच करने को कहा गया है और कृंभ से लौटने वालों की प्रेदश में प्रवेश स्थल र कोरोना जांच की जायेगी उन्होंने कहा कि जो किसान हरियाणा की धरती धर बैठे है उनकी कोरोना जांच करने का फैसला लिया गया है और उनका कोविड टीकाकरण भी किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है इसलिए किसी को ैलायन की जरूरत नहीं है उदयोग काम करते रहेंगे और रोज़गार चलता रहेगा रेमिडीसिविर बारे पुछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार के पास इसका स्याप्त भंडार है और जिसको रेमिडी सिविर दी जायेगी उसका आधार कार्ड संख्या दर्ज की जायेगी उन्होंने कहा कि ऐसे समय में मुनाफाखोरी और कालाबाज़ारी करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा और इस सिलसिले मे तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये मामला उदययोग व घरेलू उत्पाद प्रोत्साहन विभाग दवारा सभी शेयर धारकों के साथ हये विचार विमर्श के बाद मैडीकल ऑक्सीजन की बढ़ रही मांग के मद्देनज़र लिया गया है सूत्रों के अनुसार अतिरिक्त आँकसीजन गैस होने के कारण इस अस्थाई फैसले से कोविड के रोगियों को ऑक्सीजन गैस की आप्रर्ति करने में सुविधा होगी

सीबीआई अदालत ने आज इस मामले र अ ना फैसला सुनाने हये इन दोषों को खारिज कर दिया है बचाव प्रक्ष का दावा किया था कि हत्या मामले में नामज़द किसी भी व्यक्ति की कोई भागीदारी नहीं थी ये मामला आ सी रंजिश के कारण दर्ज करवाया गया था

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर ाल गूर्जर ने आज कहा कि कोरोना ोजीटिव आने र कोई भी अ ने मन को नेगटिव न होने दे क्योंकि नकारात्मक सोच से शरीर का स्वास्थ्य हानिकारक होता है उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोचना औधषि का कार्य करता है सकारात्मक दृष्टिकोण भी इम्यूनिटी शावर को बढ़ा देता है सकारात्मक विचारों से मन को हौंसला मिलता है

इसके बाद इस मार्ग से लोगों को आने जाने में काफी सुगमता रहेगी

आज हरियाणा के कैथल में जींद मार्ग र एक दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई और तीन गंभीर रू से घायल हो गये

सारे युवक बनभौरी मेले मे जाने के लिए निकले थे

उन्होंने बताया कि ये कार्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हैफेड व हरियाण वेयर हाउसिंग एजेंसी दवारार किया गया है